सबसे अधिक एक सौ पचपन मामले पटना जिले में पाये गये और राज्य में ठंड में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

यह सत्ताईस नवंबर तक चलेगा राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद यह पहला सत्र है आज विधानसभा के नवनिर्वाचित एक सौ नब्बे सदस्यों ने सदस्यता की शपथ ली प्रोटेम स्पीकर जीतनराम मांझी ने सदस्यों को शपथ दिलायी शपथ ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सेन्ट्रल हॉल में उपस्थित रहे हालांकि वे विधान परिषद् के सदस्य हैं आज सबसे पहले उप मुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव परिवहन मंत्री शीला कुमारी कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रामप्रीत पासवान और राजस्व तथा भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने शपथ ली इसके बाद विधानसभा की क्रम संख्या के अनुसार सदस्यों को शपथ दिलायी गयी राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव ने भी सदस्यता की शपथ ली वहीं प्रमुख विधायकों में भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम कांग्रेस नेता शकील अहमद खां ने भी सदस्यता की शपथ ली लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रामप्रीत पासवान ने मैथिली में जबकि अन्य ने हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण किया श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार सदन में उपस्थित नहीं रहने के कारण शपथ नहीं ले सके सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित रत्नेश सादा सीतामढ़ी से मिथिलेश कुमार और कदवा से शकील अहमद खां ने संस्कृत में शपथ ली जिसपर सदन में उपस्थित सदस्यों ने मेज थपथपा कर स्वागत किया हरलाखी के विधायक सुधांशु शेखर बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा खजौली से अरुण शंकर प्रसाद बिस्फी से हरिभूषण ठाक्र मध्रबनी से समीर कुमार महासेठ झंझारपुर से नीतीश मिश्रा सिंहेश्वर से चंद्रहास चौपाल सहरसा से आलोक रंजन गौराबौराम से स्वर्णा सिंह बेनीपुर से विनय चौधरी अलीनगर से मिश्री लाल यादव दरभंगा से संजय सरावगी हायाघाट से रामचंद्र साह और केवटी से मुरारी मोहन झा ने मैथिली में जोकीहाट से शाहनवाज आलम बहादुरगंज से मोहम्मद अंजार नईमी ठाकुरगंज से मोहम्मद सऊद आलम कोचाधामन से मोहम्मद इजहार असफी बायसी से सैयद रुकनुद्दीन अहमद और अमौर से अख्तरुल इमान ने उर्दू में शपथ ली शिवहर से चेतन आनंद और सिमरी बख्तियारपुर से यूसुफ सलाहुद्दीन ने अंग्रेजी में जबकि अन्य ने हिंदी में शपथ ली कल शेष बावन सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलायी जायेगी इस बार विधानसभा में एक सौ पांच सदस्य पहली बार निर्वाचित हुये हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि अठारहवीं लोकसभा देश को अगले दशक में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिए नई दिल्ली में सांसदों के लिए नवनिर्मित बहुमंजिला फ्लैट का उदघाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नई लोकसभा सत्र के दौरान ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं उन्होंने कहा कि सोलहवीं लोकसभा ने पहले के मुकाबले अधिक काम किया है

बहुत तेजी के साथ फैसले ले रही है

ये परफोरमन्स पिछले दो दशकों में सबसे ज्यादा है श्री मोदी ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भी संसद का सत्र नये दिशा निर्देशों और विभिन्न ऐहतियाती उपायों के साथ आयोजित किया गया

पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों ने एक एक पल का सदुपयोग किया दोनों सदनों द्वारा बारी बारी से काम करना हो या फिर शनिवार और रविवार को भी कार्यवाही करना हर किसी ने सहयोग किया सभी दलों ने सहयोग किया प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकसभा की कार्य क्षमता में वृद्धि हुई है क्योंकि देश परिवर्तन के लिए नई दिशा में बढ़ना चाहता है उन्होंने यह भी कहा कि पहली बार निर्वाचित तीन सौ से भी ज्यादा संसद सदस्यों ने इस सत्र में भाग लिया प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सांसदों ने संसद के कार्य निष्पादन और प्रक्रिया दोनों का ध्यान रखा जिससे इस दिशा में नये मानक स्थापित हुए उन्होंने सदन की कार्यवाही को बेहतर ढंग से चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की प्रशंसा की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उनतीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह इकहत्तरवीं कड़ी होगी एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही मिली हैं प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप माइ जीओवी पर अपने विचार साझा करने को कहा है एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकार्ड कराए जा सकते हैं लोग एक नौ दो दो पर मिस कॉल कर एसएमएस के जरिए अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं असम के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तरूण गोगोई का आज निधन हो गया वे छियासी वर्ष के थे कोविड संक्रमण के ठीक होने के बाद पोस्ट कोविड स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर उनका इलाज गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा था तरूण गोगोई दो हजार एक से दो हजार सोलह तक असम के मुख्यमंत्री रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर दुख जताया है केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि इस साल एक दिसंबर के बाद कोविड उन्नीस स्पेशल सहित सभी रेलगाडियों का संचालन बंद हो जाएगा रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उसने अभी किसी भी रेलगाड़ी के संचालन को बंद करने का कोई फैसला नहीं किया है पश्चिम चम्पारण जिले के बेतिया शहरी क्षेत्र अन्तर्गत शांति नगर स्थित एक पेट्रोल पंप के कर्मियों से अज्ञात अपराधियों ने लगभग ग्यारह लाख पांच हजार रुपये लूट लिये पेट्रोल पंप के दो कर्मी एक बैग में रुपये लेकर स्टेट बैंक शाखा में जमा करने जा रहे थे इसी दौरान रास्ते में मोटरसाइकिल सवार दो लुटेरों ने पेट्रोल पंप कर्मी को रोक कर रूपये छीन लिये पुलिस मामले की छानबीन कर रही है पूर्वी चम्पारण जिले के राजेप्र थाना क्षेत्र की पूलिस ने छापेमारी के दौरान एक कट्टर नक्सली को गिरफ्तार किया है पुलिस सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ स्थानीय थाने में तीन मामले दर्ज है प्रछताछ के बाद पुलिस द्वारा नक्सली को न्यायिक हिरासत में मोतिहारी भेज दिया गया है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के चार सौ बारह नये मामले सामने आने के साथ ही अब तक कुल संक्रमित लोगों की संख्या दो लाख इकतीस हजार को पार कर गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान सबसे अधिक एक सौ पचपन नये मामलों की पटना जिले में प्रष्टि हुई है वहीं औरंगाबाद जिले में इकतीस नये मामले सामने आये हैं अभी पांच हजार एक सौ पन्द्रह लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है जबकि कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़ कर संतानवे दशमलव दो पांच प्रतिशत हो गयी है अभी तक इस महामारी से राज्य में एक हजार दो सौ सत्ताईस लोगों की मृत्यु हुई है देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के चौवालीस हजार उनसठ नये मामलों के सामने आने के साथ संक्रमितों की कुल संख्या इक्यानवे लाख उनतालीस हजार आठ सौ छियासठ हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में देश में चार लाख तैंतालीस हजार चार सौ छियासी मरीजों का इलाज चल रहा है जो संक्रमितों की कुल संख्या का चार दशमलव आठ पांच प्रतिशत है वहीं कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर तिरानवे दशमलव छह आठ प्रतिशत पहुंच गई है अब तक पचासी लाख बासठ हजार छह सौ बयालीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉ पीयूष रंजन ने आकाशवाणी से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये जीवनशैली बदलना और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना आवश्यक है उन्होंने एक बार में एक सप्ताह तक प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने का दावा करने वाली औषधियों से सतर्क रहने की अपील की

संतुलित भोजन के रूप में करना होगा नियमित व्यायाम के रूप में करना होगा और बुरी आदतों जैसे कि सिगरेट शराब और दूसरी अन्य चीजों से दूरी बनाए रखना होगा और अमी जो बाजार में आप देखते हैं कि तमाम तरह के भ्रामक विज्ञापन आ रहे हैं जिसमें कि एक दिन दो दिन चार दिन पांच दिन इसमें आप कोई एक पर्टिकुलर दवा खा लें उसके बाद आपकी इम्युनिटी ठीक हो जाएगी तो ऐसे भ्रामक विज्ञापन से अपने आपको दूर रखें इम्युनिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप एक दिन दो दिन कुछ खुराक दवा खा करके आप बना सकते हैं

साउंड बाईट अभी जो अभियान चल रहा है कि मास्क पहनना दो गज की दूरी बनाये रखना और हाथ धोना

ये तीनों को हमें करना चाहिए शेखपुरा की जिलाधिकारी इनायत खान ने सिविल सर्जन डॉक्टर वीर कुवर सिंह को जिले में कोरोना टेस्ट के फर्जीवाड़ा सम्बन्धी खबर मीडिया में छपने के बाद तलब किया है जिलाधिकारी ने इस मामले में कड़ी फटकर लगायी उन्होंने बताया कि सिविल सर्जन को चौबीस घंटे में रिपोर्ट देने को कहा गया है मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में ठंड में और बढ़ोतरी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है कल राज्य के अधिकांश हिस्सों में कोहरे और ध्रंध का प्रभाव रहेगा मौसम वैज्ञानिक एस के पटेल ने बताया कि प्रदेश के कई हिस्सों में परसों से सत्ताईस नवम्बर तक बादल छाये रहने की सम्भावना है

प्रोफेसर लाभ ने कहा कि हेवनसांग जिन ग्रंथों को प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय से अपने साथ चीन ले गये थे उन्हें अनुवाद कर महाविहार की लाईब्रेरी में रखा जायेगा गया के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर रुद्र कुमार वर्मा का आज निधन हो गया डॉक्टर आर के वर्मा के निधन पर इंडियन मेडिकल एसोसिशएन की गया शाखा और शहर के चिकित्सकों ने गहरा शोक व्यक्त किया है गया में पहला नर्सिंग होम खोलने का श्रेय डॉक्टर वर्मा को जाता है कटिहार रेलवे पुलिस ने लावा स्टेशन के पास बंगरुआ गांव में छापेमारी कर टिकट फर्जीवाड़ा करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है पुलिस ने गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है उनके पास से बड़ी संख्या में फर्जी आरक्षित टिकट लैपटॉप प्रिंटर समेत आपत्तिजनक कागजात जब्त किये गये हैं अरवल जिले में उनतीस नवंबर से चार दिसंबर तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा नालंदा जिला प्रशासन ने कहा है कि पावापुरी का जलमंदिर अब सुबह में पांच बजे से लेकर दोपहर बारह बजे के बीच ही खुला रहेगा कोरोना संक्रमण के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन द्वारायह फैसला किया गया है और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर नव गठित सत्रहवीं बिहार विधान सभा की पहली बैठक शुरू

सबसे अधिक एक सौ पचपन मामले पटना जिले में पाये गये और राज्य में ठंड में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी